आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के पिछले साढ़े चार साल के कामकाज को देख कर जनता का भाजपा पर भरोसा पक्का हो गया है उन्होंने कहा कि यह बड़े आश्चर्य और गर्व की बात है कि जिस पार्टी के कभी संसद में दो सदस्य थे वह आज इतने बड़े पैमाने पर अपना राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित कर रही है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानन्द की जयंती पर उन्हें याद करते हुये उनके बताये मार्ग पर चलने का आह्वान किया उत्तर प्रेदश में समाजवादी पार्टी और बहजन समाज पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है समाजवादी पार्टी और बह्जन समाज पार्टी दोनों राज्य में लोकसभा की अड़तीस अड़तीस सीटों पर चुनाव लड़ेगी दो सीटें उन्होंने अन्य दलों के लिए छोड़ दी हैं यह गठबंधन अमेठी और रायबरेली सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगा आज लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि यह गठबंधन देश और जनता के हित में है समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से भाईचारा बनाए रखने और गठबंधन के लिए काम करने की अपील की प्रयागराज में कुंग की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं इस विश्वस्तरीय आयोजन को भव्य और सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिये राज्य सरकार विशेष ध्यान केन्द्रित किये हुए है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि कृंष में श्रद्वालुओं और दूनिया के अनेक देशों से आने वाले प्रतिनिधियों को इस आयोजन की भव्यता और दिव्यता का अहसास कराने के लिये समी जुरूरी उपाय किये जा रहे हैं उन्होने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कदम उठाये गये हैं तीर्थयात्रियों को बसाने के लिये पिछले कुंभ की तुलना में दो गुना क्षेत्र कवर किया गया है उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया के सभी देशों को केन्द्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से आमंत्रित किया गया है राज्य परिवहन निगम कुंभ मेले में श्रद्वालुओं को सस्ती और सुगम यात्रा सुलभ कराने के उद्देश्य से संगम तक के लिये पांच सौ शटल बसों का निःशुत्क संचालन कर रही है यह बसें प्रयागराज क्षेत्र के बस स्टेशनों और पार्किंग स्थलों पर उपलब्ध रहेंगी इसके अलावा कुंभ के पहले चरण के पर्व के दौरान श्रद्वालुओं की सुविवा के लिये ढाई हज़ार बसे भी संचालित की जा रही है श्रद्वालु इन रोडवेज़ बसों से जौनपुर वाराणसी मिर्ज़ापुर रीवां चित्रकूट कानपुर लखनऊ और प्रतापगढ़ अयोध्या मार्गो से प्रयागराज पहुंच सकते हैं पहले शाही स्नान पर्व के दौरान परिवहन निगम लखनऊ से प्रयागराज जाने वाले श्रद्वालुओं के लिये आलमबाग चारबाग और कैसरबाग बस स्टेशनों से लगभग तीस मिनट के अतंराल पर बस सेवा मुहैया करायेगा यह बसे प्रयागराज के देव प्रयाग अस्थाई बस स्टेशन और बेला कछार पार्किंग स्थल तक ही जायेंगी वहां से श्रद्वालुओं को संगम तक ले जाने के लिये शटल बस की सुविधा मिलेगी स्वामी विवेकानन्द जयन्ती आज प्रदेश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जा रही है इस अक्सर पर प्रदेश के अनेक स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया राज्यपाल राम नाईक ने आज सुबह लखनऊ के अमीनाबाद स्थित स्वामी विवेकानन्द की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्वाजलि दी इस अवसर पर श्री नाईक ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द ने देश और दुनिया के लोगों को नई सोच और नई दिशा देने के साथ साथ भारतवासियों में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया है राज्यपाल ने राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में सुल्तानपुर जिले के विमारपुर गांव में आयोजित ग्राम्य युवा चेतना कुंभ में भी भाग लिया इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिये सम्मानित भी किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी विवेकानन्द जयन्ती पर प्रदेशवासियों और खासतौर पर युवाओं को बघाई दी है श्री योगी ने स्वामी विवेकानन्द के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने भारत के आध्यात्मिकता से परिपूर्ण दर्शन को विश्व जगत के सामने पूरी तार्किकता और साक्ष्यों के साथ पेश किया मुख्यमंत्री ने युवाओं से स्वामी विवेकानन्द के दर्शन और आध्यात्म तथा लेखन को पढ़ने और उसे आत्मसात करने का आह्वान किया इस साल प्रदेश से हज यात्रा पर जाने वालों का ज़िलेवार चयन चौदह जनवरी को लॉटरी के ज़रिये लखनऊ स्थित मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस में किया जायेगा राज्य हज समिति के सचिव विनीत श्रीवास्तव ने बताया है कि इस साल प्रदेश में चौंतीस हज़ार तीन सौ सत्तानवें लोगों ने हज यात्रा के लिये आवेदन किया है जबकि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश को कुल तीस हज़ार दो सौ सैंतीस सीटों का कोटा आवंटित किया है